इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कोटला बड़ोग में गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास किया

गौ सदन ऊना ज़िला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की छपरो पंचायत के बसूल गांव में गऊ सदन व अभ्यारण बनाया जाएगा उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कल अधिकारियों के साथ इसके लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण कर जल्द औपचारिकताएं पूरा करने को कहा

जयंती प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम की जयंती का राज्यस्तरीय समारोह आज कांगड़ा ज़िले के नगरोटा बगवां में आयोजित किया जाएगा अकादमी के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान लेखक गोष्ठी आयोजित की जाएगी जिसमें बाबा कार्शीराम के व्यक्तिव पर शोध पाठ पढ़ा जाएगा इसके अलावा कहानी व कविता पाठ भी किया जाएगा परीक्षा परिणाम प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जून में ली गई जमा दो कक्षा की कम्पार्टमेंट और श्रेणी सुधार व अतिरिक्त विषय की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है

मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून के सकिय होने से राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से रूक रूक कर बारिश हो रही है कांगड़ा हमीरपुर और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का सामाचार है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने बीबीएमबी में हिमाचल की हिस्सेदारी से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है बीबीएमबी का बकाया न मिलने पर सुप्रीमकोर्ट जाएगा हिमाचल दिव्य हिमाचल लिखता है बीबीएमबी पर एजी के फैसले का इंतजार नहीं मिला हक तो वापस सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार दैनिक जागरण के शब्द हैं बीबीएमबी हिस्सेदारी अवमानना का मामला दायर करने की तैयारी दैनिक सवेरा टाईम्स का शीर्षक है बीबीएमबी हिस्सेदारी पर पंजाब के रूख से सरकार उखड़ी

दैनिक जागरण की एक खबर है निवेशकों की राह आसान करने में सुधरा हिमाचल

उत्कृष्ट कार्य करने वाली सुबे की बेटियां बनेंगी पोस्टर गर्ल शीर्षक से अमर उजाला लिखता है ऊना के बाद हमीरपुर प्रशासन प्रमुख स्थलों पर लगाएगा बेटियों की उपलब्धियों के पोस्टर इसी समाचार पत्र के मुताबिक प्रदेश में हाईवे किनारे फिर शराब ठेके खोलने की तैयारी आपका फैसला लिखता है राज्यपाल के कृषि मॉडल को लागू करेगा नीति आयोग मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है मानसून ने पकड़ी रफतार नदी नालों के किनारे न जाने का अलर्ट अमर उजाला लिखता है हिमाचल में आज से तीन दिन तक भारी बारिश की चेतावनी अजीत समाचार के शब्द हैं शिमला में मुसलाधार बारिश कई जगह गिरे पेड़ अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय कांग्रेसी खेत की चिड़ियां में कांग्रेस नेताओं की आपसी खींचतान पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि जिन चिड़ियों ने कांगड़ा में अपनी ही पार्टी का खेत उजाड़ा है वही मंडी शिमला और हमीरपुर में भी कमोबेश यही काम कर रही हैं